जिले में चार स्थानों महिला चिकित्सालय हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी बीडी पाण्डे महिला चिकित्सालय नैनीताल और संयुक्त चिकित्सालय गरम पानी में कोविड वैक्सीनेशन होगा प्रशिक्षण में नोडल एवं अपर जिलाधिकारी के एस टोलिया ने निर्देश दिये कि कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लें डॉरश्मि पन्त ने बताया कि प्रत्येक वैक्सीनेशन केंद्र में टीकाकरण कक्ष वेटिंग कक्ष और ऑब्जर्येशन कक्ष होंगे

उन्होने बताया कि हर टीकाकरण केंद्र पर सैनिटाइजर मास्क आदि की समुचित व्यवस्था होगी उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार आदि के लक्षण हों तो ऐंसे व्यक्तियों को किसी भी दशा में वैक्सीन नहीं लगायी जायेगी

उन्होंने बताया कि कोविड का टीका सभी प्रमाणित वैक्सीन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही स्वीकृत हुआ है और पूर्णतया सुरक्षित है

उन्होंने बताया कि वैक्सीन रीजनल स्टोर बेस चिकित्सालय में रखी जायेगी जहाँ से वैक्सीन बागेश्वर और पिथौरागढ़ को भी भेजी जाएंगी उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के पहले चरण के लिए बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हवालबाग को चिन्हित किया गया है जिसका सीधा प्रसारण वेब कास्टिंग द्वारा किया जायेगा

मुख्य चिकित्साधिकारी बीडी जोशी ने बताया कि वैक्सीनेशन की सभी व्यवस्थाएं पूरी कराने के साथ ही स्वास्थ कर्मचारियों को लगने वाले वैक्सीनेशन के लिए डाटा तैयार कर लिए गये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देशभर के छह सौ जिलों में शुरू किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलायी जा रही इस योजना में नये जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है

योजना के पहले और दसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किये हैं ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके अमृत योजना कमेटी बैठक मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आज अमृत यानि अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय हाईपावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी

इस दौरान उच्च स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत आगे होने वाले प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन भी किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में वद्वि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोडों किसानों को फायदा मिला है केन्द्र सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने कल पांच साल पूरे किये

फसल बीमा योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केन्द्र और राज्य सरकार वहन करती हैं

मकर संक्रांन्ति स्नान प्रदेश में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ परम्परागत ढ़ग से मनाया गया तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस अवसर पर कोरोना महामारी के बीच सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लाखों श्रद्वालओं ने गंगा स्नान किया उत्तर भारत सहित विभिन्न प्रांतों से यहां आए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला और मेला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे जिलाधिकारी सीं रविशंकर ने बताया कि मेले को देखते हए लोगों को आपस में ब्यापक दूरी बनाने और मास्क पहनने के निर्देश दिए थे हरिद्वार के सभी प्रवेश नाको पर यात्रियों का पंजीकरण करने के साथ साथ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई कुमाऊं मण्डल की काशी कहे जाने वाले बागेश्वर जिले में भी श्रद्वालुओं ने सरयू नदी में माधी स्नान कर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को अर्घय दिया चम्पावत जिले में भी मकर संक्रांति के अवसर पर व्यानध्रा पंचेश्वर रामेश्वर गुरुगोरखनाथ मन्दिर नरसिंह मन्दिर सहित विभिन्न मन्दिरो में श्रद्वालुओं ने रात्रि जागरण कर सुबह तटों में स्नान कर पूजा अर्चना की महाराज लोकार्पण अल्मोड़ा में आज ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना के अंतर्गत ग्राम मवदा में हए विकास कार्यो भतरोजखान में निर्मित पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण के साथ ही विकास खण्ड भैसिया छाना और ताड़ीखेत में सिंचाई विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया गया

राष्ट्रीय पोषण मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आज रूद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लाक के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया